उच्चतम न्यायालय ने देवघर के बाबा बैजनाथ धाम और द्मका के बासुकीनाथ मंदिर में सीमित संख्या में श्रद्वालुओं को पूजा करने की दी अनुमति और राजधानी रांची समेत राज्यभर में बकरीद को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था संवेदनशील इलाकों में विशेष नजर रखने का निर्देश राज्य में कोरोना संकमितों की संख्या साढ़े दस हजार से अधिक हो गयी है हालांकि चार हजार से ज्यादा मरीज उपचार के बाद स्वस्थ भी हुए हैं बायूजद इसके फिलहाल राज्य में छह हजार से अधिक सक्रिय केस हैं इस बीच राज्य सरकार ने इकतीस अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है जिन मामलों में छूट मिली हुई है वह जारी रहेगी और अलग से कोई राहत नहीं दी जाएगी इस दौरान धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे सामूहिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी इसके अलावा जिम सिनेमा हॉल मूवी थियेटर और मल्टीप्लैक्स नहीं खुलेंगे राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से चौदह दिन कोरेंटीन में रहना होगा मुख्यमंत्री ईमंत सोरेन ने कहा है कि अगले एक महीने कोई छूट नहीं दी जाएगी

अब तक विमिन्न धर्मों के तीस से अधिक मृतकों का अंतिम संस्कार प्रशासन की ओर से किया गया है

राज्य में कोरोना संकमण के बढ़ते दायरे को लेकर आज मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आलाधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए एहतियाती उपायों पर चर्चा की गयी साथ ही सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया राज्य के इन आलाधिकारियों ने विधि व्यवस्था पर भी चर्चा की और इसके प्रभावी कियान्वयन पर बल दिया

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वैक्सीन के विकास के बारे में नई विधियों पर कल एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया इस अवसर पर भारत के प्रधान यैज्ञानिक सलाहकार विजय राधवन ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय को इस महामारी का समय पर समाधान खोजने के लिए एकजुट होना होगा उन्होंने कहा कि महामारी की स्थिति में वैक्सीन का विकास सामान्य दिनों की तुलना में बहत अधिक चुनौतीपूर्ण है

इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या दस लाख से ऊपर पहंचाकर एक बहत बड़ी उपलब्धि हासिल की है भारत में स्वस्थ होने की दर चौंसठ दशमलव पांच चार प्रतिशत है इससे यह पता चलता है कि चिकित्सा निगरानी में संक्रमित लोगों की संख्या सिर्फ तैंतीस दशमलव दो सात प्रतिशत है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

इस दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए विशेष तैयारियां की गयी है रांची में उपायक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने इसे लेकर संयुक्त आदेश जारी किया है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पदाधिकारियों और बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है बकरीद के दौरान विधि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करनेवाले असामाजिक तत्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है कोल इंडिया द्वारा कोयला खनन के लिए अधिग्रहित की गयी जमीन की एवज में राज्य सरकार को ढाई सौ करोड़ रूपये दिये गये हैं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ढाई सौ करोड़ रूपये का चेक सौंपा

उच्चतम न्यायालय ने आज देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम और दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर में सीमित संख्या में श्रद्वालुओं को पूजा करने की अनुमति प्रदान कर दी है इस दौरान अदालत ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो धार्मिक स्थलों को खास मौकों पर खोल सकती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथन को सम्बोधित करेंगे श्री मोदी इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे

शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है

आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक सुश्री इरा जोशी छत्तीस वर्षों की सेवा के बाद आज सेवानिवृत हो गईं उन्नीस सौ चौरासी बैच की अधिकारी सुश्री जोशी आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक के तौर पर काम कर चुकी हैं हजारीबाग नगर निगम कार्यालय में आज अचानक आग लग गयी आग लगने से निगम कार्यालय के दूसरे तल्ले पर अवस्थित सभागार को क्षति पहुंची है

आग लगने की सूचना मिलने के बाद महापौर रौशनी तिर्की उपमहापौर राजक्मार लाल नगर आयुक्त माधवी मिश्रा और सदर एसडीओ मेघा भारद्वाज सहित कई अधिकारी और पार्षद मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया बाघमारा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दुल्लू महतो को आज झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है श्री महतो पर यौन शोषण का आरोप है और ये ग्यारह मई से जेल में बंद थे छह जुलाई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था संक्षिप्त खबरें खूंटी जिले में कोरोना को लेकर विशेष एहतियात बरती जा रही है उपायुक्त ने बताया कि जिले में कोरोना के चालीस सकिय मामले दर्ज हैं पलामू जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या चार सौ बयालीस हो गयी है हालांकि इनमें से दो सौ सताइस मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान जिले में छब्बीस नये मामले आये हैं लातेहार जिले के कोविड केयर सेंटर से फरार बंदी अंशु प्रसाद को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया उसकी गिरफ्तारी सदर थानाक्षेत्र के पतकी जंगल के पास से हुई पाक्ड़ जिले में ईद उल अजहा की खास तैयारी की जा रही है इसे लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गयी है अयोध्या में श्रीराम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर लातेहार जिले के बालूमाथ में राम भक्तों की ओर से आज मिट्टी संग्रह किया गया पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंदिर की आधारशिला रखनेवाले हैं हजारीबाग जिले के शहरी क्षेत्र में दो अगस्त को छह स्थानों पर कोरोना जांच के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना जांच की जाएगी